केन्द्र सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की जांच के लिए बनाई कमेटी

अब इसकी सुनवाई दस जनवरी को तीन न्यायाधीशों की नई खण्डपीठ करेगी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशनकौल की पीठ में मामले पर आज दोनो पक्षों की ओर से कोई बहस नहीं हुई न्यायालय की कार्यवाही मात्र एक मिनट तक ही चली अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि नई पीठ में कौन से न्यायाधीश शामिल होंगे वहीं नई पीठ यह भी तय करेगी कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाये या नहीं गौरतलब है विभिन्न हिंद संगठन विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण शीघ्र किये जाने के लिये अध्यादेश जारी करने की मांग कर रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सुझाव दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बारे में अध्यादेश लाने का निर्णय न्यायिक प्रकिया पुरी होने के बाद ही किया जा सकता है

इन नियमों में पुनःचक्रित प्लास्टिक के उपयोग और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री को पैक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया है कि पैकेजिंग के नए नियम देश में खाद्य सुरक्षा के मानकों को उच्च स्तर तक ले जाएंगे ये प्रतिबंध पहली जुलाई से लागू हो जाएंगा

साथ ही सरकार ने इन सभी स्कूलों में दो मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त करने का भी फैसला किया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अखबारों में इन विद्यालयों में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है

इस योजना के तहत पहले सौ दिन में ही लगभग सात लाख लोगों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है एक टवीट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के दूरदर्शी नेतत्व की सराहना की है

जयपुर में कल उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी सड़क बनाई जाये वह गुणवत्तापूर्ण हो तथा खासकर गांवों में बनाई जा रही सड़को की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जावे

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने स्वाईन फ्लू पॉजिटिव पाये गये मामलों में मरीजों के परिजन और आस पास के घरों का सर्वेक्षण करने को कहा है चिकित्सा मंत्री ने बताया कि स्वाईन फ्लू की दवाईयां पर्याप्त मात्रा में सभी सरकारी अस्पतालों में उलपब्ध है और आवश्यकतानुसार इनकी आपूर्ति बनायी रखी जायेगी

जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय महिला चिकित्सालय पर होगा जहां जागरूकता रथ को पूरे जिले के लिए रवाना किया जाएगा महिला और बाल विकास की उपनिदेशक अनुपमा टेलर ने बताया कि पूरे साल चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान के लिए एक एक्शन टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है साथ ही बेटियों के जन्मोत्सव को मनाने का भी फैसला लिया गया है इसके अलावा बेटियों का लिंगानुपात बढ़े इसके लिये प्रोत्साहन सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा

विधि और विधिक कार्य विभाग की ओर से सत्येन्द्र राघव विभूति भूषण शर्मा मेजर आर पी सिंह गणेश मीणा राजेश महर्षी चिरंजीलाल सैनी गणेश परिहार शीतल मिर्घो और अनिल मेहता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है

ये पुरस्कार युवा उद्यमियों को सम्मानित करने के लिये दिये जाते है जिन्होंने उद्यमिता प्रणाली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

वन विभाग की रेस्क्यू टीम पेंथर को खोजने में लगी हुई हैं दो दिन पहले भी क्षेत्र में पेंथर के नजर आने पर वन विभाग की रेंस्क्यू टीम क्षेत्र में पहुंची और खोजबीन की लेकिन रेस्क्यू टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी पेंथर के एक बार पुनः इलाके में नजर आने से बचाव टीम सकिय हो गयी है वहीं नागौर में बीते आठ दिनों से चल रही पेंथर की तलाश पूरी हो गयी है बचाव दल ने कल रात बोडवा गांव के पास पेंथर को पकडने में सफलता हासिल की इस दौरान पेंथर ने दो ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया

अमूमन वन्य जीवों की गणना गर्मियों के मौसम में होती थी लेकिन इस साल प्रवासी पक्षियों की गणना सर्दियों में करने की योजना बनाई गई है

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल के मुकाबले आज राज्य के अजमेर अलवर जयपुर पिलानी सीकर सवाईमाधोपुर श्रीगंगानगर में रात के पारे में मामूली गिरावट आई है